स्वस्थ होने की दर चौवन प्रतिशत पर पहुंची

कल विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेगी सत्रह ट्रेन

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित इक्यावन लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गयी है राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर चौवन प्रतिशत पर पहुंच गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक तीन सौ अठारह लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं बक्सर से सबसे अधिक चौबन मरीजों को इलाज के बाद छूट्टी दी गयी है मुंगेर के तैंतालीस रोहतास के चालीस नालंदा के पैंतीस सीवान के छब्बीस कैमूर के पच्चीस और पटना के इक्कीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं प्रधान सचिव ने बताया कि आज प्रदेश में कोविड उन्नीस के दस नये मामले सामने आये हैं मुजफ्फरपूर और अरवल से तीन तीन नालंदा के दो और शेखपुरा तथा सीवान के एक एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ नवासी हो गयी है मुजफ्फरपुर जिले में कोविड उन्नीस का पॉजिटिव मामला सामने आने के साथ ही सैंतीस जिले संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं हालांकि सुपौल के जिस युवक को कल कोरोना पॉजिटिव पाया गया था उसका अभी सहरसा में इलाज चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि दूसरे राज्यों से बिहार लौटे छियानवे लोगों को पॉजिटिव पाया गया है संक्रमण से अब तब प्रदेश में पांच लोगों की मौत हो चूकी है इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर उनसठ हजार छह सौ बासठ हो गयी है इनमें से सत्रह हजार आठ सौ सैंतालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार नौ सौ इक्यासी लोगों की मृत्यु हुई है वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड उन्नीस रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं एक रिपोर्ट बाईट नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहुत हल्के हल्के और पूर्व लक्षण वाले लोगों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी

डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले सात दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी

संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी

गंमीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और आरटी पीसीआर परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाये गये केन्द्रों में चिकित्सा की प्री व्यवस्था की गयी है पटना में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों में कोविड उन्नीस की प्रारंभिक जांच के सभी उपकरण उपलब्ध हैं

इनमें चौदह प्रकार के उपकरणें के साथ विशेष प्रकार के सात सौ छियालीस एईएस किट भी भेजे गये हैं भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड उन्नीस को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाये रखने की आवश्यकता पर बल दिया है

यह वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए हमें यह आवश्यक है कि दो मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें

दूसरा मैं यह कहूंगा कि सोशल डिस्टैंसिंग हैंडवाशिंग भी हम पूरी तरह से करें हम एक नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वह थूकना हुआ चाहे वह सोशल डिस्टॅसिंग हो चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोए जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़कर मिलें और हैंडवाशिंग रेगुलरली करें प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से पूर्णबंदी तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है

यही तो सच्ची देशमक्ति है तो आइए अपने परिवार को वो खुशनुमा पल दीजिए घर में रहिए और कोरोना को घर से बाहर फैंकिए प्रदेश में कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए चलाये जा रहे घर घर सर्वे अभियान के तहत अब तक दस करोड़ उनतालीस लाख से अधिक लोगों से जानकारियां जुटायी गयी हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सर्दी खांसी और बुखार वाले तीन हजार आठ सौ उनचास लोगों की पहचान हुई है संदिग्धों के नमूने भी एकत्र किये जा रहे हैं प्रदेश के बीस जिलों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है देश के अलग अलग हिस्सों से आज बारह ट्रेनों के माध्यम से चौदह हजार दो सौ पैंतालीस लोगों को बिहार लाया गया ये ट्रेने गुजरात हरियाणा और पंजाब से राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची है इधर कल चौदह ट्रेनों से सत्रह हजार चौवन लोगों को बिहार लाया जायेगा इधर रेलवे ने राजस्थान के कोटा से सीवान और समस्तीपुर के लिए दो और ट्रेन के परिचालन की अनुमति दे दी है वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न देशों से आने वाले बिहार के लोगों को गया हवाई अड्डे पर लाया जायेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में आज मगध प्रमंडल के आयुक्त एसी आओ ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की बैठक में हवाई अड्डे पर तैयारियों के साथ साथ लौटने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच और क्वारेंटीन सेन्टर की तैयारियों के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया गया केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है इस बारे में जैसे ही फैसला लिया जाएगा उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी श्री पुरी ने एक निजी चैनल से साक्षात्कार में कहा कि नागर विमानन मंत्रालय विमान यात्रा के तरीकों में सामाजिक द्री के नियमों के अनुसार कुछ बदलाव तय करेगा उन्होंने कहा कि विमानों के परिचालन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देशभर में करीब अस्सी करोड़ लोगों को निशुल्क अनाज और दाल उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम पूर्णबंदी के दौरान मालगाड़ियों के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोविड उन्नीस के खिलाफ लड़ाई में अल्पसंख्यक समूदाय भी अन्य वर्गों के समान योगदान कर रहे हैं श्री नकवी ने कहा है कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए डेढ़ हजार से अधिक स्वास्थ्य देखभाल सहायक कोरोना रोगियों के उपचार और उनकी खुशहाली में सहायता कर रहे हैं इनमें पचास प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं उन्होंने कहा कि देशभर में सोलह हज केंद्र कोरोना पीड़ित लोगों के लिए संगरोधन और पृथकवास सुविधाओँ के लिए राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं क्वारेंटीन सेन्टर से मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर केन्द्र पर कमिटी का गठन किया गया है मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुरूप इस कमिटी में दो सरकारी अधिकारियों के साथ साथ केन्द्र में रहने वाले तीन लोग शामिल किये गये है कमिटी के सदस्य भोजन और नाश्ता का मेन्यू तैयार करेंगे राज्य सरकार के निर्देश पर क्वारेंटीन सेन्टर में रहने वाले लोगों को सुबह साढ़े आठ से नौ के बीच नाश्ता दोपहर एक बजे से दो बजे के बीच भोजन शाम चार से पांच बजे के बीच एक ग्लास दूध और रात सात से आठ बजे के बीच भोजन उपलब्ध कराया जायेगा नवादा के सिरदला स्थित एक क्वारेंटीन सेन्टर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भागे लोग अब वापस लौटने लगे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि डर के कारण लोग भागे थे जिन्हें अब फिर से क्वारेंटीन सेन्टर बुलाया जा रहा है उन्होंने बताया कि केन्द्र पर रहने वाले लोगों को हर सम्भव बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं इधर नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने आज जिला और प्रखंड स्तर पर बने क्वारेंटीन सेन्टर में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है मुज्जफरपुर और रोहतास जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें उज्जवला और गरीब कल्याण योजना के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है

मैं मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूं प्रधानमंत्री जी की ओर से हम लोग को जो गैस का है चाहे खादय का खाने पीने वाला की है सहायता मिला है

श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आये बिहार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार लघु कुटीर और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से उत्पन्न स्थिति को सरकार एक अवसर के रूप में ले रही है

वहीं एक हजार नौ सौ सैंतीस प्राथमिकियां दर्ज की गयी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तिरसठ हजार तीन सौ छह वाहनों को जब्त किया गया है वहीं लगभग चौदह करोड़ तीस लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में साईबर अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है पूलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि ऐसे अपराधों पर अंक्श के लिए थाना स्तर पर साइबर सेल काम कर रहा है

सरकार ने इस खबर को निराधार बताया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है

स्वस्थ होने की दर चौवन प्रतिशत पर पहुंची

कल विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेगी सत्रह ट्रेन